राजनीतिक पार्टियों स्टार कैंपेनर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए और घर घर जाकर वोटरों को लुभावने की पुरजोर कोशिश कर रहे है सत्तारुढ़ भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस ने स्टार कैंपेनर को आमंत्रित कर राज्य में सभा आयोजित किए ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में तीन अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे गौरतलब है कि तीस मार्च को वेस्ट सियांग जिले के आलो में श्री मोदी ने एक पब्लिक मीटिंग में लोगों को संबोधित किया था प्रदेश भाजपा इकाई के प्रभारी अध्यक्ष तामे पासांग ने कहा कि जिला अध्यक्षों के देखरेख में हर गावों में घर घर जाकर कैंपेन चलाया जा रहा है और गावों में चुनाव अभियान कार्यालय भी खोला गया है कुरुंग कुमे जिला अधिकारी डी ई ओ ने जिले के भाजपा उम्मीदवार और उनके समर्थको के खिलाफ कथित तौर पर ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट पर हमला करने को लेकर जांच का आदेश दिया है

यह जांच आदेश भाजपा उम्मीदवार लोकाम तास्सार उसके व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी और उनके समर्थको के खिलाफ जारी किया गया है इन लोगों ने चौबीस मार्च को सर्किल अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट के सामने कथित रुप से मेजिस्ट्रेट जिल ग्यामर पर हमला किया था

पापुम पारे जिले के विधानसभा व्यय प्रेक्षक एन खेड़ा वारता सिंह ने जिले के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन कर चुनाव व्यय खाता को बनाए रखने को कहा यूपीया में कल चुनावी एजेंटो को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के हर दिन के चुनाव खर्चों का हिसाब रखना अनिवार्य है आगामी लोकसभा और विधानसभा चूनावों के मद्देनजर मतदाताओं में विश्वास और हिम्मत बढ़ाने के लिए राजधानी पुलिस ने सोमवार को फ्लैगमार्च किया

चुनाव में उतरे दो उम्मीदवार कांग्रेस से नानी रिबिया और भाजपा से तागे ताकी के अलावा तान सुपुन दुकून के सदस्यों आपातानी गाँव ब्रढ़ा कल्याण संगठन आपातानी छात्र संघ और आम लोग शरीक हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों उम्मीदवार किसी भी मतदाता को रकम या सामानों के रुप में कोई घूस नहीं देंगे और कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं चलाएंगे जों सामुदायिक तनाव या नफरत का कारण बने और न ही वोट हासिल करने के लिए जाति समुदाय या धर्म का इस्तेमाल करेंगे यह समझौता अगले विधानसभा चुनाव तक मान्य रहेगा प्रदेश बोर्ड परीक्षा दो हजार अट्ठारह उन्नीस में कक्षा नौ और ग्यारह के परिणामों के अनुसार इस बार लड़कियों ने लड़को को पीछे छोड़ दिया है गौरतलब है कि कक्षा नौ और ग्यारह का रिजल्ट कल घोषित किया गया नौवीं कक्षा के टॉप पोजिशन पर लड़कियों ने अपना स्थान बनाया वहीं कमार्स स्ट्रीम में भी टॉप पोजिशन बनाए रखा और साईंस स्ट्रीम में दूसरी पोजिशन पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार नौवीं कक्षा में भी सबसे ज्यादा अंक लेकर छात्र ने टॉप पोजिशन पर अपना स्थान बनाया गौरतलब है कि नौवीं और ग्यारहवी कक्षाओं के लिए प्रदेश बोर्ड ने आठ से सत्ताईस फरवरी को परीक्षा आयोजित किया था निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना आज जारी कर दी है इस चरण में विभिन्न राज्यों में उनतीस अप्रैल को मतदान होगा नौ अप्रैल तक नामांकन भरे जा सकते है बारह तारीख तक नाम वापस लिये जा सकते हैं आज विश्व ऑटिज्म जागरुकता दिवस है हर वर्ष ये दिन ऑटिजम के बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष का विषय है एसिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्टिव पार्टिसिपेशन मोपीन त्योहार गालो समुदाय के लोगों का प्रमुख त्योहार है राजधानी ईटानगर में पांच अप्रैल से मोपीन सोलुंग ग्राऊण्ड में यह त्योहार मनाया जाएगा तीन दिन तक चलने वाले इस उत्सव में मोपीन त्योहार समिति ईटानगर गालों समुदाय के समुद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने के लिए खेल पोपीर प्रतियोगिता व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे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 आज का अधिकतम तापमान अट्ठाईस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान अट़ठारह दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया